इस चरण में आंध्र प्रदेश तेलंगाना अरूणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नागालेंड सिक्किम अंडमान और निकोबार ट्वीप समूह लक्षदीप और उत्तराखंड के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गये इसके अलावा असम बिहार छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र मणिपूर ओडिसा त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की कुछ संसदीय सीटों पर भी मतदान हुआ

इस चरण में प्रदेश की सात सीटों टीकमगढ़ दमोह सतना रीवा खजुराहो होशंगाबाद और बैतूल में वोट डाले जायेंगे

इन क्षेत्रों में आज नाम वापिस लिये जा सकेंगे चुनावी बॉण्ड उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति दीपक ग्रप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सभी सम्बद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा केंद्र सरकार की ओर से पेश एटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दलील दी कि चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए बॉण्ड की व्यवस्था की गयी है श्री वेणुगोपाल ने न्यायालय को सूचित किया कि अनेक कंपनियां चुनावी चंदा देते वक्त विभिन्न कारणों से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि वह राजनीतिक दलों को धन देने के लिए चुनावी बॉण्ड जारी करने के खिलाफ नहीं है लेकिन वह दानदाताओं के नाम छिपाने के खिलाफ जरूर है इस योजना की वैधता को चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिर्फोम्स की याचिका में अंतरिम राहत की मांग की गई है इसमें कहा गया है कि चुनावी बॉण्ड जारी किए जाने पर या तो रोक लगा दी जाए या दानकर्ताओं के नाम सार्वजनिक किए जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके

श्री राव ने कहा कि नक्सली समस्या के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बालाघाट जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है

श्री राव ने बताया कि प्रदेश को जो अतिरिक्त सुरक्षा बल मिलेगा उसे बालाघाट जिले में ही तैनात किया जायेगा उन्होंने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन द्वारा स्थापित समन्वय की सराहना की

उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मतदान के दिन सभी मतदान केन्द्रों पर छाया और पानी की व्यवस्था की जायेगी समीक्षा बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी पी सिंह महानिरीक्षक कानून व्यवस्था योगेश चौधरी पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज के पी व्यंकटेश्वर राव संभागायुक्त जबलपुर राजेश बहुगुणा और जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे कमलनाथ पाटनी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल भोपाल में पूर्व मंत्री स्वर्गीय विजय पाटनी को श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पाटनी एक समर्पित राजनीतिज्ञ थे उनका समाज सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान था मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर में विजय पाटनी का उन्हें काफी सहयोग मिला छिंदवाड़ा में उनके सहयोग और जनता से मिले प्रेम की वजह से ही मैं इतने लंबे समय तक उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर पाया उन्होंने कहा श्री पाटनी ने राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वह हमारे बीच में हमेशा स्मृति बन कर उपस्थित रहेगा मौसम गर्मी प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं और कई जिलों में लू का प्रभाव है

हालांकि राज्य के ग्वालियर संभाग में हल्की बारिश होने से लोगों को गरमी से थोड़ी राहत मिली

वहीं होशंगाबाद भोपाल सभागों के साथ ही दमोह नरसिंहपुर सिवनी जबलपुर छिंदवाड़ा और छतरपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है महिला हॉकी भारत और मलेशिया के बीच क्वालालम्पुर में पांच मैचों की हॉकी प्रतियोगिता के पांचवें और अंतिम मैच में कल भारत ने मलेशिया को एक गोल से हरा कर चार शून्य की बढ़त हासिल कर ली

भारतीय टीम अपने सफल अभियान के बाद आज स्वदेश लौट रही है आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल रात जयपुर में चेन्नई सुपर किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर राजस्थान रॉयल्स को चार विकेट से हराया

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की सात मैचों में यह छठी जीत है जबकि राजस्थान रॉयल्स ने छह मैचों में से केवल एक मैच जीता है आज कोलकाता में रात आठ बजे डेल्ही कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा

इसके साथ ही यहां नामांकन भरने का काम शुरू हो जायेगा